श्री कुशवाहा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की

लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन मे विवाद और गहरा गया है घटक दलों कांग्रेस राजद और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं की बयानबाजी तेज हो गयी है राजद ने कांग्रेस को आखिरी दौर की बातचीत के लिए तीन से चार दिनों का समय दिया है पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों का सम्मान करते हुए कांग्रेस को सीटों के बंटवारे पर जल्द ही अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल घटक दलों में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है और जनाधार के मामले में भी सबसे ऊपर है श्री तिवारी ने कहा कि राजद किसी दूसरी पार्टी का मोहताज नहीं है उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा सीटों के बंटवारे को लटकाये जाने के कारण ही समाजवादी पार्टी यूपी में महागठबंधन से बाहर हो गयी इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि पार्टी राजद के बिना भी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर सकती है उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में लोगों के समक्ष कांग्रेस ही सबसे मजबूत विकल्प है उन्होंने कहा कि बिहार में आम लोगों का कांग्रेस के प्रति तेजी से रूझान बढ़ा है इधर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बाद उनकी पार्टी सबसे बड़ी है इसलिए उन्हें इन दोनों दलों के बाद सबसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए दूसरी तरफ सीपीआई नेता सत्यनारायण ने कहा है कि बेगूसराय सीट पर पार्टी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को चूनावी मैदान में उतारना चाहती है उन्होंने कहा कि इस मामले में महागठबंधन के नेताओं से बातचीत हो चुकी है रालोसपा से अलग हुए प्रदीप मिश्र ने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा पर लोकसभा चूनाव टिकट बेचने का आरोप लगाया है आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मोतिहारी सीट के लिए उपेन्द्र कुशवाहा ने उनसे पन्द्रह करोड़ रूपये की मांग की थी इसके बदले वे नब्बे लाख रूपये पार्टी कोष में जमा करवा चुके थे संवाददाता सम्मेलन में नागमणि भी मौजूद थे इधर अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए रालोसपा अध्यक्ष ने कहा है कि वे प्ररे मामले की सीबीआई से जांच की मांग करते हैं श्री कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ दोनों नेताओं की निकटता के कारण उनपर ऐसे झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं जनअधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्प् यादव ने कहा है कि वे मधेपुरा के साथ साथ पूर्णियां लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर मधेपुरा सीट को नहीं छोड़ेंगे श्री यादव ने कहा कि इस पर सहमति को लेकर वे अब भी कांग्रेस के फैसले का इंतजार है आयकर विभाग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के कारण पचास हजार रूपये से अधिक नकद लेकर चलने वाले लोगों को राशि से संबंधित कागजात साथ लेकर चलना होगा वहीं यदि किसी व्यक्ति के पास दस लाख रूपये से अधिक की राशि पकड़ी गयी तो इनकम टैक्स क्लियरेंस के बाद ही उसे छोड़ा जायेगा विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिलास्तर पर टीमों का गठन किया है इसके साथ ही विभाग ने एयरपोर्ट के लिए अलग से विशेष एयर इंटेलिजेंस टीम का गठन किया है यह टीम एयरपोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखेगी विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया है जो सूचना मिलने के बाद तत्काल घटनास्थल पर पहुंचेगी और जरूरी कार्रवाई करेगी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चे से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव से जुड़े आय और व्यय के लिए हर उम्मीदवार का अलग बैंक खाता खोला जायेगा इसी के माध्यम से प्रत्याशी राशि की लेन देन कर सकेंगे अलग से राशि खर्च करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी बैंक खाते से नकद दस हजार से अधिक भूगतान नहीं किया जा सकेगा इससे ऊपर की राशि का भुगतान उम्मीदवार विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकेंगे सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तीन बार अपने आय व्यय का ब्यौरा व्यय कोषांग को देना होगा

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की छापेमारी के दौरान उनके बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर स्थित घर से कारतूस बरामद किये गये थे जिसके बाद उन्हें पिछले साल बीस नवम्बर को गिरफ्तार किया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ दांडी मार्च करने वाले सभी आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की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 अपने एक ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च और बापू के आदर्शों तथा कांग्रेस की कार्यप्रणाली से उनके मतभेद की चर्चा की है श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी ने लोगों को सबसे गरीब व्यक्ति की हालत पर विचार करने की सीख दी और बताया कि लोगों के प्रयासों से उनकी हालत कैसे सुधर सकती है उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज के सभी पहलुओं में यही मूल विचार रहता है कि गरीबी दूर करने और ख़ुशहाली लाने में इससे कैसे मदद मिले प्रधानमंत्री ने कहा कि खेद है कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली गांधीवादी विचारधारा के ठीक उलट है समस्तीपुर जिले में शिवाजीनगर पुलिस चौकी क्षेत्र के नरसिम्हा चौक के पास ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में दो बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गयी दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में जमकर तोडफोड़ की और पुलिस वाहनों में आग लगा दी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बतायी जाती है इधर बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र भलुहा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में दो लोगों की मौत हो गयी घटना से आक्रोशित लोगों ने राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ की और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया दूसरी तरफ गोपालगंज जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो और पूर्णियां जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का नौवें दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के इक्यावन टॉपरों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया सम्मानित होने वालों में इकतीस छात्राएं हैं दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा कि स्वर्ण पदक से सम्मानित होने वालों में छात्राओं की अधिक संख्या इस बात को इंगित करती है कि समाज में बेटियों को लेकर पुरानी अवधारणा बदली है सीतामढ़ी पुलिस की हिरासत में दो आरोपियों की कथित रूप से पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य सरकार को पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने के निर्देश दिये हैं आयोग ने सरकार से इस संबंध में दस दिनों के भीतर जवाब मांगा है झाझा बरौनी मूजफ्फरपूर रेलमार्ग पर कल फे़ड कॉनवे परिचालन के कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस मोकामा हावड़ा पैंसेजर समस्तीपूर मुजफ्फरपूर मेमू पैसेंजर और बरौनी मोकामा मेमू पैसेंजर का परिचालन कल रद्द कर दिया गया है वहीं इस मार्ग से गुजरने वाली कई अन्य ट्रेनों का परिचालन बदले हुए मार्ग से किया जायेगा होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो दर्जन से अधिक विशेष ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि पटना दिल्ली आनंद विहार कामख्या और फिरोजपुर से कटिहार के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा भागलपुर जिले के नाथ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा झाड़ी में छिपाकर रखे गये बम में विस्फोट होने से एक आठ वर्षीय बच्चे की मौत हो गयी और दो अन्य बच्चे घायल हो गये लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के ओफापूर गांव में डकैतों ने देर रात एक किसान के घर डाका डालकर लगभग बारह लाख रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली रोहतास जिले के चिन्हित एक सौ पांच मतदान केन्द्रों पर प्रतिदिन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा

शेखपुरा जिले के चेवाडा स्थित आजाद मैदान में खेले गये हेमन ट्रॉफी क्रिकेट मैच में नालंदा की टीम ने नवादा को बासठ रनों से पराजित कर दिया और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद गहराया

श्री कुशवाहा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की